और राज्य में ताज़ा बर्फबारी और वर्षा से तापमान में गिरावट ओलावृष्टि से कई स्थानों पर सेब की फसल को नुकसान कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना संकमण में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं

राज्य के सभी स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय एक मई तक बंद रहेंगे इस दौरान शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ को भी अवकाश रहेगा नवरात्रों के बाद सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक होगी हालांकि मंदिरों में पूजा पाठ पहले की तरह जारी रहेगा

सरकार ने नई बंदिशों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की आशंका के मद्देनज़र प्रवासी मज़दूरों के पलायन पर कहा कि फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है उन्होंने ठेकेदारों से प्रवासी मज़दूरों का पलायन रोकने का आग्रह किया और कहा कि सरकार इन मज़दूरों को हर संभव सुविधा प्रदेश के भीतर उपलब्ध करवाएगी मुख्यमंत्री ने राज्य के बाहर खासकर कोरोना से अत्यधिक संकमित स्थानों से लौट रहे प्रदेशवासियों को अपने आप को कम से कम एक सप्ताह के लिए क्वारंटीन करने अथवा अपना कोरोना टैस्ट करवाने की अपील की है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेज़ वृद्धि लगातार जारी है

इस बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आईजी एमसी शिमला में ओपीडी के समय में बदलाव किया गया है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पत्रकारों का आह्वान किया है कि वे मास्क पहनने उचित दूरी और स्वच्छता से संबंधित संदेश प्रमुखता से आम जनता तक पहुंचाए खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि कोरोना संकमण में तेजी से हो रही वृद्धि को रोका जा सके राज्यपाल आज राजभवन में उनसे मिलने आए नैशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हिमाचल इकाई के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे प्रतिनिधिमंडल ने इस मौके पर राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा और पत्रकारों को आ रही समस्याओं के मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी बारी आने पर कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाएं उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है वीरेन्द्र कंवर आज ऊना में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवाने के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि समाज में रक्तदान के प्रति कई प्रकार की भ्रांतियां आज भी मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है भारद्वाज आज शिमला के रिज मैदान पर मंथन एक नई पहल नामक सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे

आश्वासन मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार देवभूमि क्षत्रिय सभा और अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की राज्य में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग पर सहानुभूतिपर्वक विचार करेगी मुख्यमंत्री आज उनसे मिलने आए क्षत्रिय सभा और महासभा के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे सभा के प्रतिनधिमंडल ने मुख्यमंत्री से राज्य में स्वर्ण आयोग गठित करने की मांग की ताकि सामान्य श्रेणी के लोगों को अपने मुद्दे उठाने के लिए एक मंच मिल सके इससे पूर्व क्षत्रिय सभा और महासभा ने पुराने बस अड़डे से प्रदेश सचिवालय तक एक मार्च निकाला तथा सचिवालय का घेराव भी किया विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ड्रंहक में उठाऊ सिंचाई योजना के सुधार कार्य के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे परमार ने कहा कि क्षेत्र के हर घर के लिए पेयजल और हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि सरकार ने एक मई तक सभी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों को भी बंद रखने का निर्णय लिया है

परेड की सलामी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व डीआईजी बिमल गुप्ता ने ली बिमल गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि प्रशिक्षण के दौरान इन जेल बॉर्डर को कानून की बारीकियों जेल में कैदियों की सुरक्षा और उनके साथ व्यवहार के बारे में प्रशिक्षण दिया गया मौमस प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले व जनजातीय क्षेत्रों में आज सुबह से ही रूक रूक कर बर्फबारी हो रही है जबकि राजधानी शिमला सहित राज्य के कई निचले क्षेत्रों में इस दौरान वर्षा हई और कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे इस ताजा वर्षा व बर्फबारी से खासकर राज्य के मैदानी इलाकों में लोगों को तपती गर्मी से हल्की राहत मिली है साथ ही पेयजल संकट से भी कुछ राहत की उम्मीद है हमारे सोलन जिला वाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा के मुताबिक ये वर्षा कृषि और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा तथा अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना जताई है

और राज्य में ताज़ा बर्फबारी और वर्षा से तापमान में गिरावट ओलावृष्टि से कई स्थानों पर सेब की फसल को नुकसान